इसके लिए देश में मौजूद डाक सेवा विभाग के विशाल नेटवर्क जिसमें तीन लाख से अधिक डाकिए व ग्रामीण डाक सेवक सम्मिलित है का उपयोग किया जाएगा

इस वर्ष के अंत तक देश के सभी एक लाख पचपन हजार डाक घर भी भ्गतान बैंक से जोड़े जायेंगे ये डाक बैंक ग्रामीण एवं जन सामान्य के लिए बचत खाते पैसे भेजने व बिलों के भ्गतान जैसी सुविधांए उपलब्ध करायेंगे हरियाणा के कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने पंचकूला के सेक्टर चार स्थित डाक घर में भारतीय डाक भ्गतान बैंक का श्भारंभ किया इसके जरिये डाक पहुंचाने वाला डाकिया अब गांव और कस्बों के घर घर तक बैंक सेवाएं पहंचाएगा डाकिया बैंक खाते खोलने के लेकर पैसा जमा करने तक का काम करेगा डाक भ्गतान बैंक के जरिये सरकार की कोशिश है कि ग्रामीण इलाकों में बैंक सेवाओं को मजबूत किया जाये

उन्होंने कहा कि मनरेगा पेंशन और अन्य स्विधाओं से मिलने वाली पेमेंट को लेकर भी अब लोगों को शहरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे पलवल में भी भारतीय डाक भ्गतान बैंक सेवा शुरू कर दी गई है ये सेवा पलवल शहर में मनीर गेट स्थित डाकघर न्यू कालोनी जैदांप्र अहरवां और टीकरी ब्राहमण के डाक घरों में श्रू की गई डाकघर में खाता ख्लवाने के लिए केवल आधार पैन कार्ड और मोबाइल नंबर देना होगा

यम्नागर में पत्रकारों से बातचीत में हरियाणा के म्ख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि भाजपा सरकार ने काम काज में पारदर्शिता लाने का काम किया है और योग्यता के आधार पर नौकरियां दी जा रही है

मुख्यमंत्री ने यम्नानगर के मुख्य डाकघर मे इंडिया पोस्ट पेर्मेट बैंक यानि भारतीय डाक भुगतान बैंक योजना का शुभारंभ भी किया उन्होंने पंचायत भवन के परिसर में जिला पंचायत संसाधन केन्द्र का उदघाटन भी किया मुख्यमंत्री ने औदयोगिक प्रशिक्षण संस्थान यमुनानगर के नज़दीक लेबर कलोनी में बनाए जाने वाले स्वर्ण जयंती पार्क छछरौली से शाहर तक बनाए जाने वाली सड़का की भी आधारशिला रखी

चीन व जापान प्रथम व दवितीय स्थान पर है

अमित की इस जीत पर मायना गांव के ख्शी की माहौल है

इससे पहले अमित ने राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक हासिल किया था

मायना गांव में अमित के घर घर विशेष स्क्रीन लगाया गया था जहां पर गांव वासी एकज्ट थे अमित ने इंडोनेशिया जाने से पहले अपनी माता से वादा किया था कि वे स्वर्ण पदक जीत कर लायेंगे

उन्होंने बताया कि इसके अलावा पदयात्राएं निकाली जायेगी जिसमें प्रे राज्य के हर गांव के कवर किया जायेगा

इसमें मेवता जिले पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताक वहां के बच्चों को प्रतिरोधक क्षमता से य्क्त बनाया जा सके इस अभियान के तहत दिसम्बर तक राज्य को पूरी तरह टीकाकरण य्क्त कर दिया जायेगा

हरियाणा सरकार ने ग्राम पंचायतों के पंचों सरपंचों और पंचायत समितियों के रिक्त पदों के लिए आयोजित उप च्नावों के मतदान वाले क्षेत्रों में सरकारी कार्यालयो शैक्षणिक व अन्य संस्थाओं में चार सितम्बर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि सामान्य प्रशासन दवारा जारी अधिसूचना के अन्सार च्नाव होने वाले क्षेत्रों में भी ये छ्ट्वी होगी

ये आदेश दो सितम्बर से पांच सितम्बर तक लागू रहेंगे इन मतदान केन्द्रों पर शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखनी आवश्यक है आय्ष विभाग रेवाड़ी द्वारा आज हडा डिसपैंसरी सेक्टर चार में निश्ल्क स्त्री रोक एवं बन्धत्व रोग निवारण चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया आयुर्वेद विश्वविदयालय क्रूक्षेत्र के उप क्लपति डॉ बलदेव धीमान ने कहा कि शरीर में रोग जिस तेज़ गति से बढ़ता है उसका ईलाज आय्र्वेद के माध्यम से करने पर रोग धीरे धीरे जड़ से खत्म हो जाता है उन्होंने कहा कि आज के इस यूग में खान पान में जो मिलावटी सामान आ रहे है वे हमारे स्वास्थ्य पर ब्रा प्रभाव डाल रहे है इनके द्ष्प्रभाव से बचने के लिए मन्ष्य का चाहिए कि वे सादा और सात्विक भोजन ग्रहणकरें उन्होंने परम्परागत भोजन का चलन जो हमारे देश मे है वह बह्त अच्छा है और हमें तासीर के अन्सार ही भोजन ग्रहण करना चाहिए